प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ब्राजिलिया में ब्रिक्स देशों की शिखर स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे सभी नेता पहले बंद कमरे में बैठक करेंगे उसके बाद मुख्य बैठक होगी ये नेता ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी बातचीत करेंगे परिषद और बैंक अपनी कल हुई बैठकों और उसमें पारित प्रस्तावों के बारे में नेताओं को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे इसी साल ब्रिक्स इनोवेशन नेटवर्क ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क और एक व्मन बिजनेस अलायंस की शुरूआत भी की जायेगी जिसके ब्रिक्स समितियों को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर बनने की संभावना है

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित नये उच्चस्तरीय तंत्र की जल्दी ही बैठक होनी चाहिए उन्होंने नोट किया कि सीमा विवाद स संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की एक और बैठक होगी बाद में ब्रिक्स व्यापार मंच को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार बढ़ा है और इसे आगे ले जाने के लिए नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए उन्होंने ब्रिक्स व्यापार मंच से कहा कि वे ब्रिक्स देशों म व्यापार लागत कम करने के तौर तरीकों का अध्ययन करें बाइट भारत में पोलिटिकल स्टेवेलिटी प्रिडेक्टिवल पॉलिसी और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स के कारण दुनिया की सबसे ओपन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकनॉमी है

भारत में असीम संभावना है अनगिनत अवसर है इनका लाभ उठाने के लिए मैं ब्रिक्स देशों के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं कि वे भारत में अपने मौजूदगी बनाएं और बढाएं प्रधानमंत्री ने व्यापार मंच से अनुरोध किया कि वे अगले ब्रिक्स शिखर बैठक तक पांच ऐसे क्षेत्रों का खाका तैयार करें जिनमें संयुक्त उद्यम किया जा सके उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक स्विधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से आपसी सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी विचार करने का अनूरोध किया बाइट विश्व में मंदी के बावजूद ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को गति दी है करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में नई नई सफलताएं हासिल की है अब ब्रिक्स की स्थापना के दस साल बाद भविष्य में हमारे प्रयासों की दिशा पर विचार करने के लिए यह फोरम एक अच्छा मंच है श्री मोदी ने निजी क्षेत्रों से मानव संसाधन पहलुओं जैसे आई ब्रिक्स और ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्युचर नेटवर्क के साथ जुड़ने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा श्री योगी आज खीरी जनपद के गोला तहसील में चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय कैम्पस का उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि गोला गोकरणनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा साथ ही यहां स्थित दुधवा के हरे भरे वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले वनटांगियां गांव का भी विकास किया जायेगा

इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों की उन्नति के लिये चलाई जा रही केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को बताते हुए लोगा से इनका लाभ उठाने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी आर पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिये उन्होंने पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज की स्थपना प्रक्रिया को तेज करने के लिये कहा

आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार पच्चीस नवम्बर को नामांकन की अधिसूचना जारी की जायेगी और दो दिसम्बर नाम नामाकंन की आखिरी तारीख है तीन दिसम्बर को पर्चो की जांच होगी और पांच दिसम्बर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं बारह दिसम्बर को यदि आवश्यक हुआ तो प्रातः नौ बजे से सांय चार बजे तक मतदान कराया जायेगा उसी दिन सांय पांच बजे से मतों की गणना की जायेगी

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि मोडिया में विषय वस्तू के उच्च मानक स्थापित किए जाने चाहिए आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन में श्री वेम्पति ने कहा कि भारत में मीडिया की विषय वस्तु का स्तर काफी बढ़ा है लेकिन मानक अभी और भी ऊंचे होने चाहिए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

आज प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत इक्कीस हजार जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया योजना के लिये इस वित्तीय वर्ष में ढाई हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है गौरतलब है कि समाज के गरीब वर्ग के लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं

दस हजार रूपये की वैवाहिक सामग्री और छह हजार रूपये प्रति जोड़े विवाह के आयोजन पर खर्च होते है न्यूनतम दस जोड़ों पर सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था है दो लाख रूपये की आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी परिवार इस योजना के पात्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पांच सौ पच्चीस जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना एक पुण्य का काम है पूरे प्रदेश में आज इक्कीस हजार सामूहिक शादियां कराई जा रही है जो अपने आप में एक रिकार्ड है बलरामपूर जनपद में योजना के अन्तर्गत आज चार सौ से अधिक जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम परिवारों के निकाह भी सम्पन्न हुए

हिन्दू रीति रिवाज से विवाह के लिये पंडित की व्यवस्था की गई है और जो मुस्लिम समाज के जो लोग है जिनका विवाह अलग हो रहा है उनके लिये मौलवी की व्यवस्था की गई है इसके अलावा हमीरपुर शाहजहांपुर जौनपुर कानपुर देहात मिर्जापुर कुशीनगर प्रतापगढ़ महराजगंज संभल गोण्डा कौशाम्बी शामली सहित अन्य जनपदों में भी सामूहिक विवाहों का सफलता पूर्वक आयोजन सम्पन्न हुआ कृतज्ञ राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद कर रहा है इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और गणमान्य लोगों ने नई दिल्ली के शांतिवन में नेहरू जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किये राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वाजंलि दी गई इस अवसर पर प्रदेश भर में स्कूलों में बाल दिवस मनाया गया

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता का स्तर आपात स्थिति के करीब पहुंचने को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश के बाद यह फसला किया प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर भी कल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं उधर उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण का मानक ऊँचा होने के चलते हापुड़ बुलन्दशहर सहित एनसीआर क्षेत्र में कई जनपदों में स्कूलों की कल तक छुट्टी कर दी गई है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न किसानों से फसलों के अवशेष और पराली नहीं जलाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने कल गन्ना किसानों के लिये एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि राज्य सरकार हर जनपद में बायो फ्यूल प्लांट लगायेगी जहां पर किसान पराली तथा कृषि के अन्य अवशिष्ट बेच सकेंगे बायो फ्यूल प्लांट लगाने पर सरकार इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के साथ योजना पर काम कर रही है उन्होंने बताया कि गोरखपुर और सीतापुर में जल्द ही इस तरह की दो इकाईयां स्थापित की जायेंगी इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि पराली जलाने पर भी रोक लगेगी